प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कई कार्यक्रम हो रहे है

वे कल पाली सहित देश के अन्य चार संसदीय क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए बातचीत कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण कांग्रेस और वामदलों ने लोगों को निराश किया है उन्होंने कहा कि भाजपा का गठन न केवल सरकार बनाने और सत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया था बल्कि इसका गठन भारत माता की सेवा और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए किया गया था श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्वच्छ भारत मिशन उज्ज्वला योजना और सौभाग्य जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कमार आज आकाशवाणी के जरिये श्रोताओं से रूबरू होंगे श्री कमार आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में श्रोताओं र्क सवालों का जवाब देंगे

विभाग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिये जागरूकता रथ निकाले जा रहे है

इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में मानवेन्द्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है श्री सिंह ने भरोसा जताया कि उनके समर्थक अब भी उनके साथ बने रहेंगे

रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन ने कहा कि इसे हाल में बैंकों में धोखा धड़ी के मामले में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है

जयपुर के शास्त्री नगर विद्याधर नगर बेनाड न्यू सांगानेर रोड और सिंधी कैंप के अलावा कुछ अन्य इलाको से भी जीका के मामले सामने आने की खबर हैं दूसरी ओर जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वाइनफ्लू डेंग्र स्कबटाइफस के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं जयपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में चिकित्सा विभाग ने मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया है इस बीच कोटा ब्रेंदी के सांसद ओम बिड़ला ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा से मुलाकात कर हाड़ौती संभाग में स्कबटाइफस और डेंगू तथा जयपुर में जीका जैसी बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा की

जयपूर नगर मण्डल के प्रवर अधीक्षक सतीश सोलंकी ने कल जयपूर में बताया कि इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि इसमें किसानों के लिये खाद बीज से लेकर आमजन के उपभोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध होगी यह सुविधा लोगों को घर बैठे मिलेंगी जिसमें ग्रामीण डाक सेवक और डाकिया इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के माध्यम से लोगों के सामान की बुकिंग करेंगा

कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत दनिया में ऊर्जा का उपयोग और कच्चे तेल का आयात करने वाला तीसरा सबसे बडा देश है श्री प्रधान ने कहा कि भारत बडी तेजी से विकास कर रहा है और देश को ऐसी ऊर्जा की आवश्यनकता है जो किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से व्यावहारिक हो श्री प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय ऊर्जा तक पहुंच ऊर्जा दक्षता ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा ंसुरक्षा की प्रधानमंत्री की धारणा के प्रति वचनबद्व है

उसके खिलाफ जिले के अन्य थानों में भी धोखाधड़ी और ठगी के मामले दर्ज हैं तथा वह समय से फरार चल रहा था

इनके कब्जे से देशी कहा जिंदा कारतुस चाक और अन्य हथियार भी बरामद किए गए पुलिस ने बताया कि ये बदमाश शहर के पंचशील इलाके में एक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे